प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक दिवसीय दौरे के दौरान लगभग चौबीस सौ करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने एक हजार पांच सौ इकहत्तर करोड़ पंचनावे लाख रूपये की लागत वाले चौंतीस किलोमीटर लम्बे दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग तथा गंगा नदी पर दो सौ सात करोड रूपये की लागत से निर्मित एक अतर देशीय जल मार्ग टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित किया इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि काशी विकास का गवाह बना है देश ने जो सपना देखा था आज वह पूरा हो गया है बाइट आज वाराणसी और देश विकास के उस कार्य का गवाह बना है जो दशको पहले होना जरूरी था लेकिन नहीं हुआ देश का प्रधान सेवक होने के साथ ही वाराणसी का सांसद होने के नाते मेरे लिए आज दोहरी खुशी का मौका है इस पवित्र भूमि स हर किसी का आध्यात्मिक सम्पर्क तो है ही आज जल थल नभ तीनों को ही जोड़ने वाली नई ऊर्जा का संचार इस देश में हुआ है इनहेस जनरेशन इंफ्रास्क्टयर इसकी अवधारणा कैसे देश में ट्रासपोर्ट के तौर तरीको का कायाकल्प करने जा रही है श्री मोदी ने आज जलमार्ग पोत पर भेजी जाने वाली देश की पहली कंटेनर खेप भी प्राप्त की इसे कोलकाता से अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में भेजा गया था श्री मोदी ने कहा कि जल थल नभ को जोड़ने वाली नई ऊर्जा का संचार इस क्षेत्र में हुआ है अतर देशीय जल मार्गो के विकास से व्यापार जगत को काफी फायदा होगा

आज यहां बाबतपुर हवाई अड्डे से शहर को जोड़ने वाली सड़क रिंग रोड काशी शहर की कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट बिजली के तारों को अंडर ग्राउंड करने से जुड़ी परियोजनाओं गंगा को पूदूषण मुक्त करने के प्रयासों को बल देने वाली अनेक परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास यहां किया गया है करीब करीब ढाई हजार करोड़ रूपये से ज्यादा इसके ये प्रोजेक्ट बदलते हुए बनारस की तस्वीर को और भव्य बनायेंगे

इससे पहले प्रधानमंत्री के आज बाबतपुर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनका स्वागत किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा को संबोधित किया श्री योगी ने कहा कि काशी अब तक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक नगरी थी लेकिन पहली बार काशी में भौतिक विकास होता दिखाई दे रहा है उन्होंने देश के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल के उदघाटन के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया

उन्होंने कहा कि आज जल मार्ग के जरिये माल वाहक जहाज का सपना पूरा हुआ है इससे नदी के माध्यम से माल ढुलाई पर कम खर्च लगेगा

प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मिली इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया है गत दस नवम्बर को वाराणसी हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों की संख्या चार हजार आठ सौ तिरसठ तथा यहां से प्रस्थान करने वाले यात्रियों की संख्या पांच हजार एक सौ चौहत्तर रही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार कनेक्टिविटी बढ़ाने को प्राथमिकता दे रही है प्रधानमंत्री का सपना है कि देश के आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा सुलभ हो इसे ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार ने उड़ान योजना संचालित की है जिसके माध्यम से छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न हवाई अड्डों के विकास के साथ साथ क्शीनगर तथा जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण कार्य को गति दी गई है आज लोकसेवा प्रसारण दिवस है

महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद हरियाणा के कुरूक्षेत्र में अस्थाई रूप से आकर बसे विस्थापित लोगों को आकाशवाणी से संबोधित किया था इस अवसर पर नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर में आज विशेष समारोह का आयोजन किया गया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

केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री और वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगी एचएन अनंत कुमार का आज तड़के दो बजे बंगलरू में निधन हो गया उन्सठ वर्षीय अनंत कुमार कैंसर रोग से पीड़ित थे वे पिछले कुछ दिनों से आईसीयू में भर्ती थ अनंत कुमार दक्षिणी बंगलुरू से छह बार लोकसभा सांसद रहे वर्तमान में वे रसायन और उवर्रक मंत्रालय के भी प्रभार में थे वे वाजपेयी सरकार में उड्डयन पर्यटन और शहरी विकास मंत्री भी रह चुके हैं दिवंगत नेता का अंतिम संस्कार कल दिन में एक बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ बंगलुरु में किया जाएगा आज देशभर में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहा कनाटक सरकार ने दिवंगत नेता के सम्मान में तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है श्री कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि श्री अनंत कुमार का निधन पूरे देश और विशेष रूप से कर्नाटक के लोगों के लिए बड़ी क्षति है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वे अपने घनिष्ठ सहयोगी और मित्र के निधन से स्तब्ध हैं गृहमंत्री राजनाथ सिंह विदेशमंत्री सुषमा स्वराज रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने केन्द्रीय मंत्री के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि उनके निधन से पार्टी को क्षति पहुंची है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी दिवंगत नेता के निधन पर दुःख व्यक्त किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है एक शोक सन्देश में मुख्यमंत्री ने कहा कि अनंत कुमार एक लोकप्रिय नेता थे उनका जनता से गहरा जुड़ाव था

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि युवा वर्ग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी देने में अपनी भूमिका निभाये जिससे आम जनता उनका लाभ लेकर अपना जीवन स्तर सुधार सके श्री मौर्य ने कल कानपुर के चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में यूवा आईटी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के युग में इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया भी आम जनता से जुड़ने का सशक्त माध्यम है